इस दौरान मुख्यमंत्री हणोगी खोलानाला सड़क पर पुल का शिलान्यास करेंगे व लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे बाद में वे बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निरीक्षण भी करेंगे

ये जानकारी देते हुए उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं तथा बच्चे के स्वास्थ्य के पोषण के लिए पांच हजार की सहायता तीन किस्तों में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है

पोर्टल सरकारी विभागों में सामान खरीदने की प्रकिया को पेपर लैस बनाने एवं इसमें तीव्रता और पारदर्शिता लाने के उददेश्य से केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने ऑनलाईन जेम पोर्टल उपलब्ध करवाया है अब राज्य के सरकारी विभागों में भी अन्य ऑनलाईन पोर्टल की तर्ज पर जेम पोर्टल के माध्यम से सामान मंगवाना आसान हो जाएगा ये जानकारी जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक विनय वर्मा ने दी उन्होंने बताया कि सामान खरीदने से पहले सभी विभागों को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा इसके अलावा विक्रेता भी इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर अपने सामान की ऑनलाईन बिकी कर सकेंगे सम्मान फोटोग्राफरी के माध्यम से वन्य प्राणी और पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज कर्नाटका के गणेशगुडी में प्रदेश के तीन वन रक्षकों को दिल्ली में वन्य प्राणी संस्था स्ट्रेबो पिक्सल क्लब द्वारा राईज़िग स्टार के रूप में सम्मानित किया जाएगा

अमर उजाला की सुर्खी है अनुराग एचपीसीए के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी निरस्त पंजाब केसरी का शीर्षक है अनुराग धूमल के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी रद्द दैनिक भास्कर के शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश एचपीसीए केस में धूमल और अनुराग पर दर्ज दूसरी एफआईआर खारिज आपका फैसला के मुताबिक धर्मशाला में किकेट स्टेडियम बनाने में गड़बड़ी और सरकारी जमीन पर कब्जे का था मामला जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार अनुराग ठाकुर और अन्यों के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी रद्द प्रोजेक्ट पर काम करे या फिर करे सरैंडर शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है पावर कॉरपोरेशन को सरकार की चेतावनी अमर उजाला की सुर्खी है पावर कॉरपोरेशन से बिजली प्रोजेक्ट वापिस लेगी सरकार

दिव्य हिमाचल की एक खबर है भू स्खलन रोकेगा कोर ग्रुप आईआईटी मंडी के तकनीकी विशेषज्ञ जारी करेंगे एडवायजरी इसी पत्र के अनुसार पशु पालकों को राहत मिल्कफेड ने भैंस के दूध के मूल्य में पांच रूपए की कटौती वापस ली टैक्नोमेक के दिल्ली और नाहन कार्यालय में दबिश दैनिक जागरण की एक खबर है हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है विकलांगता को अन्य श्रेणियों में बांटकर सेवानिवृति की आयु निर्धारित करना भेदभावपूर्ण अजीत समाचार की एक खबर है मंत्रिमंडल लेगी स्कूल वर्दी मामले का फैसला हिमाचल दस्तक के शब्द हैं वर्दी खरीद पर फैसला अब धर्मशाला में होगा इसी पत्र के अनुसार पीटीए पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार हैरिटेज रेल ट्रैक पर पर्यटक रात को नए कोच से निहार सकेंगे शिमला की वादियां खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली रेल मोटरकार में लगेंगे नाईट विजन कैमरे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

नमस्कार